मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए विद्यामितान की वेतन राशि की जांच कराने की घोषणा की है

विधानसभा सत्र समापन छत्तीसगढ़ विधानसभा की पंचम विधानसभा के प्रथम सत्र का आज सत्रावसान हो गया चार जनवरी से आहूत इस सत्र में कुल इक्कीस बैठकें हुईं इस दौरान सदन में एक सौ आठ घंटे नौ मिनट चर्चा हुई विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने समापन अवसर पर अपने संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा की गई है उससे प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में छत्तीसगढ़ के समग्र और समवेशी विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्ध होंगे और गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ की कल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक होंगे डॉक्टर महंत ने कहा कि आगामी सत्र जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में संभावित है विस जांच निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए विद्यामितान की वेतन राशि की जांच कराने की घोषणा की है राज्य विधानसभा में आज वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए विद्यामितान का मामला उठाते हुए कहा कि ठेका कंपनी को प्रति विद्यामितान अट्ठाईस हजार रूपए की राशि दी जाती है लेकिन कंपनी शिक्षकों को मात्र पन्द्रह हजार रूपए की राशि वेतन में रूप में देती है उन्होंने कहा कि इस पर अनियमितता हो रही है सरकार ठेका प्रथा बंद कर सीधे शिक्षकों को वेतन दें विधायक धर्मजीत सिंह और अजय चंद्राकर ने कहा कि यह ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इसकी समीक्षा करेगी वहीं सदन में मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह गंभीर विषय है प्लेसमेंट कंपनी विद्यामितानों के वेतन के लिए अटठाईस हजार रूपए लेती है लेकिन उन्हें ग्यारह से बारह हजार रूपए ही दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार इस गड़बड़ी की जांच कराएगी विस सवर्ण आरक्षण राज्य विधानसभा में आज गरीब सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने जमकर शोर शराबा किया संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि गरीब सवर्णो के आरक्षण को प्रदेश में भी लागू किया जाएगा शून्यकाल में भाजपा विधायकों शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे को उठाया और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की आसंदी की समझाइश के बाद भी भाजपा सदस्य नहीं माने और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए इससे वे सभी विधायक स्वमेव निलंबित हो गए सिंहदेव स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान का पहला राज्य होगा जहां लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य परीक्षण उपचार और दवाई जैसी तमाम चिकित्सा सुविधाए लोगो को निःशुल्क मिलेगी इसके लिए राज्य सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करने जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कांकेर जिले के ग्राम कोटेला में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कुल के लोकार्पण समारोह में यह बात कही उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर छह सौ और नये डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी उन्होंने कहा कि दूरस्थ और भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में काम कर रहे डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाया जाएगा विजयी योजना श्भारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल स्कूल शिक्षा विभाग की विजयी सहित बीस योजनाओं का शुभारंभ किया इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन और आत्मावलोकन की जरूरत है वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने विजयी परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना बालिका शिक्षा के सशक्तिकरण और बालिकाओं के जीवन को सफल बनाने के दृष्टि से शुरू किया गया है मतदाता सूची विशेष अभियान निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हए मतदाता सुची में नाम जोड़वाने से वंचित पात्र नागरिकों के लिए कल से दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाता केन्द्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे और छूटे हए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा

इसमें गांव के पंजीकृत सभी मनरेगा मजदूर शामिल होंगे रोजगार दिवस के आयोजनों में गांव के समग्र विकास के लिए नरवा गरूवा घ्रवा और बाड़ी से जुड़े मनरेगा के तहत किए जाने संभावित कार्यो की जानकारी मजदूरों को दी जा रही है यह आयोजन आगामी पांच मार्च तक आयोजित होंगे इस संबंध में मनरेगा आयुक्त ने राज्य के सभी कलेक्टरों और मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयकों को परिपत्र जारी किया है परिपत्र में कलस्टरवार सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं से लाभांवित करने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यालयीन अवधि के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे राज्य के सभी पांचों संभागों के कमिश्नरों को पत्र लिखकर निर्देशित करें कि वे अपने प्रभार के जिलों के मैदानी कार्यालयों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें और सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करें श्री बघेल ने इसी तरह मुख्य सचिव को संभागीय कमिश्नरों को लोक सेवा गारंटी योजना के तहत आवेदनों के निराकरण के लिए उत्तरदायी बनाने का कहा है निर्वाचन सुब्रत साहू मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचारण संहिता लागू होने के बाद अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि आम लोगों को इससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हों श्री साहू कल रायपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के तहत सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे प्रशिक्षण के अंतिम दिन आदर्श आचरण संहित को लागू करने के दौरान होने वाली दिक्कतों और व्यवहारिक बातों की जानकारी दी गई मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि निगरानी दल की जांच के दौरान प्रचार सामग्री के साथ दस हजार से अधिक की राशि पाई गई तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा यदि आम नागरिक पैसे लेकर जाय तो उसके लिए दस्तावेज रखना होगा स्काई वॉक निर्माण रोक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन स्काई वॉक के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी हैं साथ ही निर्माण राशि बढ़ाए जाने को लेकर आई शिकायत की भी जांच के आदेश दिए हैं स्काई वॉक निर्माण को लेकर आज विधानसभा परिसर में हुई जनप्रतिनिधियों की बैठक में इस मुद्दे पर एक राय नहीं बन सकी बैठक में तय हुआ कि अभी तक के निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साह तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ जाएंगे निरीक्षण के बाद सरकार तकनीकी विशेषज्ञों और जनता की राय के बाद इस पर फैसला लेगी

निवेश करने वाले लोग आज से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं रकम वापसी के लिए दावा करने वालों की मदद के लिए जिला और जनपद स्तर पर नोडल और कम्प्यूटर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है रायपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अनुप्रिया मिश्रा को नोडल अधिकारी और लोक सेवा केन्द्र की प्रबंधन कीर्ति शर्मा को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संबंधित चिटफंड कंपनी का प्रमाण पत्र या रसीद रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण देना होगा आवेदन तीस अप्रैल तक लिए जाएंगे

इसके लिए प्रदेशभर में दो हजार दो सौ इकतीस कोन्द्र बनाए गए हैं एक सौ छब्बीस परीक्षा कोन्द्र संवेदनशील और साठ परीक्षा कोन्द्र अति संवेदनशील हैं इन परीक्षा केन्द्रो में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं रायपूर जिले में एक सौ इकतालीस केन्द्र बनाए गए हैं इस साल दसवीं बोर्ड की परीक्षा में तीन लाख अट्ठायासी हजार से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं वहीं बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं कल दो मार्च से शुरू होंगी

छत्तीसगढ़ में भी कल सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता रैली निकालेंगे